मंत्रालय ने यह भी कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खरीफ की फसलों की खरीदारी की जा रही है

कोवैक्सीन परीक्षण भारत बायोटेक के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के अच्छे नतीजे मिले हैं और पहले चरण के परीक्षणों में इसके उपयोग से कोई गंभीर और प्रतिकूल घटनाएं नहीं देखने को मिलीं भारत बायोटेक की अंतरिम रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है भारत बायोटेक ने कहा है कि टीके से प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित अपेक्षित परिणाम शुरूआती दौर के परीक्षणों में ही मिल गए कंपनी भारतीय आय्र्विज्ञान अन्संधान परिषद के सहयोग से कोवैक्सीन टीके का निर्माण कर रही है कंपनी ने भारत के दवा महानियंत्रक के पास टीके के आपातकालीन उपयोग की अन्मति के लिए आवेदन किया है

आनलाइन प्रशिक्षण प्रदेश में शासकीय उचित मुल्य दुकानों की निगरानी के लिए गठित सतर्कता समितियों को ओर अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से समिति सदस्यों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जायेगा

मौसम प्रदेश में पिछले छह दिन से बिगड़े मौसम के मिजाज में क्छ तब्दीली आने लगी है आज स्बह राजधानी भोपाल में पांच दिनों बाद धूप निकली है हालांकि मौसम में ठंडक का असर है और सर्द हवाएं चल रही है मौसम विभाग का कहना है कि अब सीजन में पहली बार ठंड के तेवर काफी तीखे होने के आसार हैं राजधानी सहित पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में छह डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है इस दौरान कई स्थानों के शीतलहर की चपेट में भी आने की संभावना है ठंड के तीखे तेवर एक सप्ताह तक बरकरार रहने के आसार हैं